धर्मशाला के दाड़ी में एक सहायक मतदान केन्द्र भी स्थापित किया गया है

चूनाव आयोग ने मतदाताओं से बढ़चढ़ कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है

पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ जबकि धर्मशाला क्षेत्र की मतगणना राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में होगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने युवाओं को अपनी संस्कृति व परम्पराओं के संरक्षण के प्रति शिक्षित करने की ज़रूरत पर बल दिया है राजधानी शिमला के सरस्वती विद्या मंदिर विकास नगर में राज्यस्तरीय ज्ञान विज्ञान मेले की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का सही अर्थ विद्यार्थियों की कृशलता को बढ़ाना और उनमें अपनी संस्कृति व परम्पराओं के प्रति सम्मान पैदा करना है मुख्यमंत्री ने कहा कि नैतिक शिक्षा के बिना शिक्षा अन्पयोगी है और शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को उच्च मूल्यों के बारे में शिक्षित करना चाहिए जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सरस्वती विद्या मंदिर उत्कृष्ट भूमिका निभा रहा है उन्होंने छात्रों द्वारा प्रदर्शित मॉडलों में भी गहरी रूचि दिखाई राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्र निर्माण में स्वस्थ नागरिक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही धनी राष्ट्र होता है वे कल शाम पीजीआई चण्डीगढ़ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे राज्यपाल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चिकित्सकों को सम्मानित भी किया

ये आयोजन राज्य संग्रहालय और भाषा व संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है इस अवसर पर वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को स्वरोजगार अपनाकर अपनी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए प्रेरित करते हैं संस्थान राजधानी शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के स्थापना दिवस पर तीन दिवसीय समारोह आज शुरू हुआ

समारोह के श्भभरम्भ पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि संस्थान में आय के साधन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर विचार किया जा रहा है पर्यटन बिलासपुर जिले में पर्यटन विकास को लेकर चर्चा करने के लिए आज बिलासपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया विधायक सुभाष ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि जिले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि गोबिंद सागर झील से सर्ट घाटों का चरणबद्ध ढंग से विस्तार किया जाएगा उन्होंने शहर के लोगों होटल संचालकों और नगर परिषद के वार्ड पार्षदों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरा सहयोग देने का आग्रह किया खाद्य सुरक्षा सोलन ज़िला खाद्य सुरक्षा विमाग ने नगर परिषद के सहयोग से सोलन में खाद्य सुरक्षा विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया इस दौरान शहर के रेहड़ी फड़ी वालों को खाद्य सुरक्षा की बारीकियों से अवगत करवाया गया खाद्य सुरक्षा अधिकारी एलडी ठाकुर ने मौजूद प्रतिनिधियों र्से खाना बनाते समय स्वच्छ पानी के इस्तेमाल पर बल दिया उन्होंने कहा कि यदि रेहडी फड़ी वाले विभाग के आदेशों को अनदेखा करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी

लाहौल घाटी के कई भागों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के आसपास पहुंच गया है

हालांकि राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकतर भागों में दिनभर खिल रही धूप के चलते मौसम इन दिनों सुहावना बना हुआ है